विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिये इन क्षेत्रों में लगातार रैलियां कर रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद टिपाणियां के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के नाम पर धोखा दिया है श्री मोदी अब अच्छे दिनों की बात नहीं करते है श्री गांधी ने कहा कि हमने किसानों ने कर्ज माफी का वायदा दो दिन में पूरा किया है राहल गांधी आज धार और खरगोन जिलो में भी आम सभा को संबोधित करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल इन्दौर और खंडवा के छैगॉवमाखन में रैलियों को संबोधित करेंगे

इसी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा रतलाम और इन्दौर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगी

कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्ध रतलाम जिले के आलोट में पार्टी प्रत्याशी बाबूलाल मालवीय के समर्थन में रैली करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर और उज्जैन लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह देवास और खरगोन लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे

इस चरण में प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों पर होगा कल होने वाले मतदान के लिए आज मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ रवाना कर दिया गया है

वही कल विदिशा संसदीय क्षेत्र के सागर और विदिशा में होने वाले मतदान की तैयारियां पूर्ण कर ली गयी है

विदिशा संसदीय में होने वाले मतदान के लिये एक हजार तीन सौ इक्कीस मतदान केन्द्र बनाये गये है दिव्यांग मतदाता लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्थायें की हैं